उपचार के बाद पैंतालीस लोगों को अस्पताल से दी गयी छुट्टी

सभी रेस्त्रां सैलून और नाई की दुकानें बंद रहेंगी

बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी अब किसी तरह का नहीं कर सकेंगे हड़ताल

प्रदेश में कोविड उन्नीस के उन्नीस नये मामले सामने आने के साथ ही आज संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर दो सौ बयालीस हो गयी है कैमूर में छह बक्सर में पांच रोहतास वैशाली और पटना में दो दो अरवल तथा भोजपुर में एक एक संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं भागलपुर बांका और शिवहर के छह प्रवासी मजदूर संक्रमण की चपेट में आ गये हैं पीड़ित मरीजों में से अब तक पैंतालीस को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है वहीं अब तक दो लोगों की संक्रमण से मौत हुई है वहीं एक सौ इक्यानवे मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है संक्रमण का फैलाव अब इक्कीस जिलों तक हो गया है इधर घर घर सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक इकहत्तर लाख पच्चीस हजार से अधिक घरों का सर्वे किया जा चुका है सर्वे के दौरान सर्दी खांसी और ब्रखार वाले दो हजार पांच सौ छब्बीस लोगों की पहचान हुई है इनमें से एक हजार आठ सौ नब्बे लोगों के नमूने एकत्र कर लिये गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संक्रमित मामलों और क्वारंटीन में रखे गए सभी संदिग्ध लोगों के श्रृंखला की तुरंत जांच करने का निर्देश दिया है उन्होंने कोविड उन्नीस की चेन को तोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों को हॉटस्पॉट और उसके आसपास के इलाकों को सेनेटाइज करने को कहा है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य सरकार प्लाजमा पद्धति से इलाज पटना के एम्स में शुरू करने पर विचार कर रही है इसके लिए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद से अनुमति मांगी गयी है इधर देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर चौबीस हजार नौ सौ बयालीस हो गयी है वहीं इलाज के बाद पांच हजार दो सौ दस लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं इस महामारी से देशभर में अब तक सात सौ उनासी लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना वायरस से ठीक होने वालों का प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एक महीने पहले पच्चीस मार्च को भारत में जब पूर्णबंदी लागू की गयी थी उस समय कोरोना से तैंतालीस मरीज ठीक हुए थे यह छह सौ छह मरीजों का सात प्रतिशत था एक महीना पूरा होने पर ये आंकड़ा बीस दशमलव छह छह प्रतिशत पर पहुंच गया है प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में नौ करोड़ पचहत्तर लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक हजार तीन सौ छिहत्तर लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक हजार पांच सौ छब्बीस प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं बयालीस हजार दो सौ नब्बे वाहन भी जब्त किये गये हैं देश में लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आज से आवश्यक वस्तुओं को अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें भी खोलने की अनुमति दे दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के अंतर्गत शॉपिंग कॉम्प्लेकस को खोलने की अनुमति नहीं होगी नगर पालिका क्षेत्रों के बाजारों में दुकान मल्टीब्रेंड और सिंगल ब्रेंड मॉल तथा हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में भी दुकानें नहीं खुलेगी बाईट राहरी क्षेत्रों मेंसमी एकल दुकानों आस पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसर में स्थित दुकानों को खोलनेकी अनुमति दी गई है बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमतिनहीं है ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यकवस्तुओं की ही विक्री करने की अनुमति है

सुपर्णासैकिया अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी रेस्त्रां सेलून और नाई की दुकानें बंद रहेंगी यह स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान छूट केवल वस्तुएं बेचने और सेवाएं देने वाली दुकानों को ही दी गई है गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह स्पष्टीकरण दिया सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को इक्कीस अक्टूबर तक छह महीने के लिये जन उपयोगी सेवा घोषित किया है बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद इक्कीस अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बडे पैमाने पर प्रभावित होने के कारण श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है डाक विभाग पांच सौ किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में बाईस मार्गों पर राष्ट्रीय सड़क परिवहन नेटवर्क के जरिये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगा इस पहल से देश में आवश्यक वस्तुओं के आवागमन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि डाक विभाग देश में कहीं भी आवश्यक वस्तुओं के पार्सल डिलीवर करने में सक्षम है बाईट संकट के इस दौर में केन्द्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रोत्साहित करते हुए कुछ नया सोचने और करने को कहा नतीजतन मुख्य रूप से शहरों के अंदर डिलीवरी के लिए उपयोग किये जाने वाले विभागीय वाहनों के मौजुदा बेडे के साथ एक सडक नेटवर्क शुरू करने का विचार सामने आया

साथ ही विमाग आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से घरों तक नकदी पहुंचा रहा है सुपर्णा सैकिया के साथ भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली केन्द्र सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों की मदद और कृषि गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए कई उपाय कर रही है हमारे संवाददाता ने कहा है कि किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किये जाने के बाद से अब तक एक लाख पचास हजार से अधिक किसानों और व्यापारियों ने पंजीकरण कराया है बाईट लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए इस मोबाइल ऐप को लांच किया गया था ताकि किसानों को अपने उत्पादों को बेचने में परिवहन की कोई दिक्कत न हो यह ऐप देशभर के किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद जैसे अनाज फल और सब्जियां बांस और नारियल को बाजार तक पहुंचाने में मदद कर रहा है इसके माध्यम से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर रहे हैं इस ऐप को गुगल प्ले स्टोर से कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है यह आठ भाषाओं में उपलब्ध है दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ताईस अप्रैल सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे कोविड उन्नीस की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी वीडियो कांफ्रेंस होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध होगा इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण सुना जा सकता है मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि विश्व कोविड उन्नीस रोगियों की संख्या और संक्रमण को फैलने से रोकने के परिणामों के मामले में भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है बाईट अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में ये वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है नई दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी से बातचीत में सलाह दी कि कोविड उन्नीस संक्रमण की कड़ी को तोडने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लोगों को लॉकडाउन के उपायों का पूरी तरह पालन करना चाहिए बाईट कई दफा हम अपने छोटे फायदे के लिए या ये सोच कि ये हमें असर नहीं करेगा हम लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़ देते हैं और उससे फिर इंफेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है और फिर ये जो पूरा लॉकडाउन का मकसद है ये खराब हो जाता है तो इसलिए मैं सारे लोगों से सारे वर्गों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन खबरों का खंडन किया है कि उसकी ओर से कोरोना योजना के तहत सभी लोगों को एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही और ऐसा दावा करने वाली खबर निराधार है लॉकडाउन के दौरान सरकारी प्रयासों से लाभान्वित लोगों के अनुभव हम आप तक पहुंचा रहे हैं सिवान के किसान अनिल तिवारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो हजार रुपए की राशि मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की उन्होंने कहा कि इस राशि से पूर्णबंदी की कठिनाइयों में किसानों को मदद मिली है

मेरे फंड में आया है जिससे किसान को कृ षि के लिए काम करने में सहूलियत हो रहा है और वो किसान बीज और खाद खरीद कर यह काम अपना शुरू करने जा रहा है बेगूसराय की नजमा खातून ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और उज्ज्वला योजना से गरीबों को बहुत सहायता मिल रही है बाईट मोदी सरकार जो दी है फ्री गैस दी है फ्री वाला राशन मिल रहा है हम लोगों के लिए मोदी सरकार बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत हम लोगों का सेवा कर रहे हैं शेखपुरा जिले में मनरेगा के तहत पैंतालीस योजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है डीडीसी सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि इससे आठ सौ छत्तीस श्रमिकों को काम मिला है इसमें जिले के बाहर से आये सैंतीस श्रमिक भी शामिल हैं बक्सर जिले में लॉकडाउन के दौरान अनाज वितरण ग्राहक केन्द्र खोलकर सैकड़ों महिलाओं को जुटाने के मामले में जदयू नेता रवि राज को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है कोरोना संक्रमण को लेकर देश में लागू लॉकडाउन के कारण समस्तीपूर कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र में जून में होने वाली टीईई की ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ा कर पन्द्रह मई कर दी गई है अरवल जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के लॉकडाउन के दौरान कई स्थानों पर तैनात दस पदाधिकारियों के अनुपस्थित पाए जाने के बाद उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है बेगूसराय जिले में राशन वितरण अनियमितता बरतने के आरोप में दो पीडीएस द्रकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जबकि एक का लाईसेंस रद्द कर दिया गया है साथ ही साठ दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगी गयी है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि अब तक देश के विभिन्न सरकारी और निजी जांच केंद्रों में पांच लाख उनासी हजार नौ सौ सतावन नमूनों की जांच की गई है इस बीच आईसीएमआर जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दे रहा है अभी दो सौ बहत्तर सरकारी और सतासी निजी जांच केंद्रों को कोविड उन्नीस की जांच की मंजूरी दी गई है बिहार इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेन्टर की शुरूआत करने वाला पहला राज्य बन गया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इस संबंध में एक पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसमें गांव को आधार बनाया गया है श्री पांडेय ने कहा कि इस पोर्टल पर सभी जिलों से संबंधित जानकारी मिलेगी साथ ही हर जिले में कोरोना का ईपीसेंटर उस जिले के मानचित्र पर कन्टेनमेंट जोन के अनुसार दिखेगा वैशाली जिले में कालाजार से प्रभावित गांव और नगर निकाय के वार्डों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है बांका जिले के अभियंत्रण विभाग के एक कनीय अभियंता दीपक कुमार के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है समस्तीपूर जिले के मूसरीघरारी थाना क्षेत्र के भट्टी चौक के पास पूलिस ने एक ट्रक से लगभग सत्तर लाख रूपये मुल्य की विदेशी शराब बरामद की है वहीं बेगूसराय के फु्लवड़िया थाना क्षेत्र से एक सौ दस कार्टन विदेशी शराब के साथ पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है इधर अररिया कॉलेज स्टेडियम के पास एक घर में शराब की पार्टी कर रहे तीन युवकों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है पिछले दिनों मूजफ्फरपूर के बैंक डकैती मामले में पूलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है वहीं एक अपराधी की पत्नी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से छह लाख तीस हजार रूपये दो पिस्टल और गोलियां बरामद की गयी हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना में पदस्थापित दारोगा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी

उपचार के बाद पैंतालीस लोगों को अस्पताल से दी गयी छुट्टी

सभी रेस्त्रां सैलून और नाई की दुकाने बंद रहेंगी

बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी अब किसी तरह का नहीं कर सकेंगे हड़ताल